ग्रामीण विकास विभाग की उनहतर अरब पैंतीस करोड़ रूपर्य की अनुदान मांग को मंजूरी मुख्यमंत्री ने जेपीएससी की विष्वसनीयता बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने का दिया अष्वासन जल्द बनेगी नियमावली विस्थापन आयोग का होगा गठन भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तिह त्त ार हुई केन्द्रीय विदेष मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक

बोकारो में नक्सलियों की सम्पति जब्त करने की तैयारी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की पहल से बजट सत्र में पहली बार सदन को सुचारू रूप से चलाया गया बाबूलाल मरांडी ने आष्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में हंगामा नहीं होगा उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष के मसले पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधिक न्याय आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के मामले में जल्द निर्णय होगा

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में घोषणा की कि विधायकों की अनुशंसा पर भी आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवीं जेपीएससी की प्रशिक्र या चल रही थीउस पर रोक लगा दी गयी हैं जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था और स्वतंत्र एजेंसी है सरकार जेपीएससी की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती परीक्षा का संचालन पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक प्रदोप यादव और विनोद सिंह द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना पर हस्ताक्षेप करते हुए जवाब दे रहे थे

रांची के उपायुक्त के निदेशानुसार अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है

जहां अभिभावक नामांकन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या मदद ले सकते हैं

भरे गए आवेदन पत्र की छायाप्रति पांच अप्रैल तक संबंधित विद्यालय के कार्यालय में जमा किये जा सकेगें

इससे आईवीएफ क्लीनिक में काम करने वाले लोगों के लिए एक आचार संहिता बनाने और उससे जुड़े कानून को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के निर्माण को अनिवार्य करना है देश में एआरटी सेवाओं के विनियमन से निःसंतान दंपतियों को एआरटी क्लीनिकों में नैतिक प्रथाओं के बारे में अधिक सुनिश्चित और आश्वस्त किया जाता है

इस दौरान शिशुओं और माताओं का संपूर्ण टीकाकरण किया जाएग

मंत्रालय ने अपनी सलाह में कहा है कि किसी भी हालत में सं क्र मित व्यक्ति को सामाजिक या धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए उन्हें साबून और पानी से बार बार अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर हाथ पर लगाते रहना चाहिए सं क्र मित व्यक्ति को हर वक्त सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए और छह से आठ घंटे बाद मास्क बदल लेनी चाहिए

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है उनका देश अनेक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विभन्न देशों पर निर्भर है और इसी सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी से बातचीत की

पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद के निर्देश पर महआडांड़ थाना पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में गिरफ तार नक्सलियों के पास से लेवी में वसूले गए बीस हजार रूपये दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई

लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था